राजीव गांधी विश्वविद्यालय दोईमुख रोनो हिल्स में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि युवाओं का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है और उन्हें सक्रिय रुप से देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना चाहिए किसानों की आय दोगुना करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इंफाल द्वारा ईस्ट सियांग जिले के बागवानी एवं वानिकी महा विद्यालय पासीघाट में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय कृषि मेला लगाया गया है सतत कृषि के लिए इको सिस्टम को अपनाने के विषय पर आयोजित इस मेले का उद्घाटन राज्य विधान सभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने किया इस मेले में सी ए यू इंफाल के कुलपति एम प्रेमजीत सिंह सहित देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे है इस कृषि मेले में पूर्वोत्तर के अलावा देश के कई कृषि विश्वविद्यालयों के स्टॉल लगे हुए है जहां पर किसान कृषि उपकरणों और खेती की वैज्ञानिक प्रणाली के बारे में जानकारी ले रहे है अपने संबोधन में राज्य विधान सभा अध्यक्ष पांसांग दोरजी सोना ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर लोगों को लाभ दायक एवं स्थायी रोजगार कृषि एवं बागवानी क्षेत्र से मिल सकता है उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से प्रदेश की जलवायु परिस्थितियों के अनुसार किसानों को कृषि बागवानी और पशु पालन के लिए मार्ग दर्शन करने का आह्वान किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अच्छी शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की कुंजी बताया है पश्चिम बंगाल को शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने शिक्षा के बारे में गुरुदेव रविद्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को दोहराया उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने हमें इस ढंग से जीना सिखाया ताकि मनुष्य की अंतर्रात्मा संतुष्ट हो जाए उरुदेव दर्शन शास्त्र साहित्य या इतिहास जैसे विषयों के साथ विद्यार्थियों को संगीत और चित्रकला जैसे रचनात्मक कार्यों में भी प्रशिक्षित करना चाहते थे राष्ट्रपति ने विश्व भारती के निर्माण में महात्मा के योगदान को भी याद किया इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनकड़ भी मौजूद थे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नवाचार से जुड़ी उपलब्धयां प्रदर्शित करने के लिए आयोजित रक्षा सम्मेलन डेफ कनेफ्ट को संबोधित किया श्री सिंह ने कहा कि हमारे स्टार्ट अप गर्व का विषय है और आने वाले वर्षों में भारत रक्षा नवाचारों में और प्रगति करेगा इस सम्मेलन का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए नवाचारों से जुड़े सभी पक्षों में तालमेल बढ़ाना है आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है प्रत्येक वर्ष ग्यारह नवंबर को यह दिवस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है महान स्वतंत्रता सेनानी और विलक्षण प्रतिभा के धनी मौलाना अब्रुल कलाम आजाद का देश की शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण योगदान है इस अवसर पर पापुम पारे जिले के दोईमुख में स्कूली बच्चों द्वारा एक रायली निकाली गई इस माध्य्म से छात्र छात्राओं ने शिक्षा के महत्व को प्रदर्शित किया भारत के मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने कल गुवाहाटी में कोटर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के असमिया संस्करण का विमोचन किया इस पुस्तक में देश के न्यायालयों की ऐतिहासिक घटनाक्रमों का वर्णन है ईस्ट सियांग जिले के दोन्यी पोलो विद्या निकेतन पासीघाट में अरुणाचल शिक्षा विकास समिति द्वारा मातृ सम्मेलन आयोजित किया गया इस अवसर पर एस डी ओ पासीघाट ओली परमे अई आर बी एन की पांचवीं बटालियन की कमांडेंट ईशा पांडे सहित कई जानी मानी महिलाओं ने हिस्सा लिया समारोह के दौरान समाज और राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की गई अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजों स्टेडियम में आयोजित माजी मार्गिंग मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता के रोमांचक फाईनल मैच में होलिन फुटबॉल क्लब ने सिन्यिक ब्रदर्स को पराजित कर खिताब अपने नाम किया प्रतिक्रिया की विजेता टीम को एक लाख रुपए और उप विजेता टीम को पचास हजार का नगद प्रस्कार प्रदान किया गया इस प्रतियोगिता में बीस टीमों ने हिस्सा लिया समापन समारोह को संबोधित करते हुए अखिल अरुणाचल छात्र संघ आपसू के अध्यक्ष हवा बागंग ने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलों को भी महत्व देने का सुझाव दिया